शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी

जयराम ठाकुर ने कहा कि मेलों के आयोजन के लिए एकत्र होने वाली धन राशि से मुश्किल से मेले आयोजित हो पाते हैं

मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दल कांगेस के सदस्य नारेबाजी करने लगे और फिर सदन से वाकआउट किया कांग्रेस के वॉकआउट के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गो की डीपीआर बनाने का मामला बेहद पेचीदा है और इसमें समय लगता है लेकिन कांग्रेस विधायक विधानसभा से बाहर जाने का रास्ता दूंढ रहे थे जोकि सही नहीं है जयराम ठाकर ने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश के विकास के मामले में राजनीति कर रहा है और उनके पास लोकसभा चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वे राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले को मुद्दा बनाकर राजनीति करना चाहते है जो कि आधारहीन है

इसी सवाल पर विधायक विनोद कुमार कांग्रेस के रामलाल ठाक्र ने जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी के माध्यम से जिम के लिए सामान खरीदने संबंधी सुझाव दिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार इन सुझावों पर विचार कर सकती है अन्राग सांसद अनुराग ठाक्र ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के कर्मचारियों के हितों का मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो में विभिन्न पद खाली पड़े हैं और अधिकतर कार्य आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से करवाया जा रहा है

केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसके जवाब में बताया कि मामला सरकार के संज्ञान में हैं और ऑल इंडिया रेडियो के कर्मचारियों की समस्या पर उचित कार्यवाही की जा रही है बरागटा भाजपा के मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने कोटखाई में ट्रॉमा सैंटर स्वीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नडडा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर का आभार जताया है शिमला में आज मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि ट्रॉमा सैंटर के खुलने से लोगों की वर्षो से लंबित मांग पूरी हुई है और क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी बरागटा ने क्षेत्र में चल रही विकासात्मक योजनाओं के बारे में भी चर्चा की

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कल शिमलो में इस संबंध में हुई बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि ईएस आई दिल्ली की एक टीम अगले सप्ताह भूमि का निरीक्षण करेगी बिंदल ने बताया कि ये अस्पताल एक सौ बिस्तरों वाला बनेगा और इसमें सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी मौसम राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हिमपात जबकि निचले इलाकों में व्यापक वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बर्फबारी से विद्युत और संचार सेवाएं भी बाधित हैं जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है